धनोरा घटना के विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायपूर में धरना दिया राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को मकान के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है यह योजना चार वर्ष की अवधि में समूचे देश में चरणबद्व रूप से लागू की जायेगी इसके अंतर्गत लगभग छह लाख बासठ हजार गांवों में संपत्ति कार्ड जारी किये जायेंगे इस योजना में लगभग एक लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर एस एम एस लिंक के माध्य्यम से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें व्यक्तिगत रूप से संपत्ति कार्ड का वितरण करेगी छह राज्यों के सात सौ तिरसठ गांवों में संपत्ति कार्ड जारी करने का काम कल से शुरू हो जायेगा संपत्ति कार्ड होने पर ग्रामवासियों के लिए ऋण और अन्य वित्तीय लाम लेने का रास्ता खुलेगा मुफ्त नल कनेक्शन प्रदेश के वनांचलों अनुसूचित जाति बहुल गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बयालीस लाख से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन देने का काम अगले तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जल जीवन मिशन के तहत इन परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन दिए जाएंगे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने बताया कि प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है प्रदेश के ग्रामीण परिवारो को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सितंबर दो हजार तेईस तक शुद्ध पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य है इस बीच पीएचई मंत्री ने दर्ग जिले के ग्राम सगनी में पांच गांवों के लिए नल जल योजनाओं का भूमिपूजन किया इस योजना से ग्राम सगनी के अलावा परसदा सेमरिया बिरेमाट और बागडूमर के लगभग चार हजार लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा राज्य अलंकरण समारोह कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर एक नवंबर को राज्य अलंकरण समारोह का वर्च अल आयोजन किया जाएगा मुख्य संचिव आरपी मंडल ने सभी संबंधित विभागों को राज्य अलंकरण के लिए प्रविष्टियां विज्ञापन और अलंकरण आदि की सभी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं राज्य अलंकरण के लिए आगामी तेरह अक्ट्रबर तक विज्ञापन और अट्ठारह अक्ट्रबर तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तृत करने के लिए तिथि निर्धारित की गई है मुख्य सचिव ने विभागों द्वारा दिए जाने वाले सम्मान के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने कहा है महिला सुरक्षा भाजपा धरना भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धनोरा घटना और महिला अत्याचार के विरोध में आज राजधानी रायपूर में धरना प्रदर्शन किया बाद में पूर्व मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसूईया उइके को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने उचित मुआवजा और इन मामलों की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की इससे पहले धरनास्थल पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल राजेश मूणत और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत सहित अन्य भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से महिला अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाए बढ़ी हैं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है केंद्र महिला सुरक्षा केन्द्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के बारे में राज्यों को नया परामर्श जारी किया है और कहा है कि पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न कर पाना देश की न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है केंद्रीय गृह मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दण्ड प्रक्रिया संहिता सी आर पी सी के तहत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में जीरो एफआईआर दायर करने का भी अधिकार है महिलाओं से यौन दुष्कर्म सहित किसी भी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है सामुदायिक सर्वे छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए इन दिनों कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में मुंगेली जिले में भी सामुदायिक सर्वे अभियान का कार्य शुरू हो गया है जो बारह अक्टूबर तक चलेगा इस अभियान के तहत सर्वे टीमें उच्च जोखिम समूह और कोरोना लक्षण वाले मरीजों की पहचान के लिए घर घर जा रही हैं कलेक्टर पीएस एल्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे सर्वे टीमों को कोरोना लक्षण से संबंधित सही जानकारी दें वहीं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने रायगढ़ में कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने शहर के विभिन्न सैंपल कलेक्शन सेंटर में जांच कार्य को भी देखा और स्वास्थ्य अमले को आवश्यक दिशा निर्देश दिए इधर धमतरी जिले के ग्राम पोटियाडीह में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा नुक्कड नाटक का मंचन किया गया इस बीच छत्तीसगेढ़ी फिल्म अभिनेता पद्मश्री अनुज शर्मा ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है

उच्च शिक्षा विभाग के सचिव धनंजय देवांगन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी विश्वविद्यालयों के कलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यो से कॉलेजों में प्रवेश ऑनलाइन कक्षाएं परीक्षा परिणाम और पाठ्यक्रमों के संबंध में चर्चा की इस दौरान उन्होंने कलपतियों से परीक्षा परिणाम समय पर जारी करने कहा उच्च शिक्षा सचिव ने कहा कि कॉलेजों में प्रवेश की तिथि बाईस अक्टूबर निर्धारित की गई है समय पर पाठयक्रम पुरा कराने के लिए स्नातक स्तर पर पाठयक्रमों को कम करने के लिए समिति गठित की गई है समिति से सुझाव मिलने के बाद नये दिशा निर्देश दिए जाएंगे उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण कॉलेजों में एक नवंबर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी

यह मन की बात कार्यक्रम की सत्तरवीं कडी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं इसके अलावा टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर डायल कर संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेजने के लिए एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल कर एसएमएस से लिंक प्राप्त किया जा सकता है विजय बघेल किसान चौपाल दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयक किसानों के लिए लाभदायक और हितकारी है उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और कांग्रेस नेताओं द्वारा कृषि विधेयक को लेकर किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है श्री बघेल ने आज पाटन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रानीतराई में किसान चौपाल अभियान के समापन अवसर पर यह बात कही उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयकों से किसानों और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा भिलेगा उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्घारित कर दिया है और किसान अपनी उपज को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं श्री बघेल ने किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कृषि संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए धन्यवाद पत्र प्रेषित करने का भी आव्हान किया दूसरी ओर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कृषि संशोधन बिल के विरोध में सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में धमतरी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि संशोधन विधेयक के विरोध में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया मुख्य सचिव बैठक मुख्य सचिव आरपी मंडल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से कराने और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कृपोषण दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं मुख्य सचिव ने आज कोंडागांव जिला कार्यालय में बस्तर संभाग के समी जिला कलेक्टरों वन मंडलाधिकारियों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न शासकीय योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की मेडिसीन किट प्रदेश में अब तक अंठावन हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में रह रहे हैं इनमें दस हजार चार सौ सडसठ सक्रिय मरीज हैं जबकि करीब सैंतालीस हजार मरीज पुरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा घरों भें जाकर अब तक संतावन हजार तीन सौ तिरपन लोगों को मेडिसीन किट दिया गया है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की ग्यारहवीं कड़ी का प्रसारण कल ग्यारह अक्टूबर रविवार को होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से होगा हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में दूरस्थ अंचलों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्य करा रहीं बैंक सखियों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है

बासागुड़ा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम सर्थिंग पर निकली थी इसी दौरान जवानों ने इन माओवादियों को गिरफ्तार किया इन पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है वहीं राजनांदगांव जिले के बकरकट्टा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने पांच किलो वजनी आईईडी बरामद किया है डीआरजी जिला पुलिस बल आईटीबीपी और छत्तीसंगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम कौरूआ पहाड़ी जंगल और दूतागढ़ की तरफ गश्त पर निकली थी इसी दौरान जवानों ने मार्ग पर जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए विस्फोटक को बरामद किया जिसे बाद में बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया राष्ट्रीय तितली चयन कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभयारण्य में पाई जाने वाली तितलियों की तीन अलग अलग प्रजातियों को राष्ट्रीय तितली चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग की गई राष्ट्रीय तितली के चयन के अंतिम दिन कवर्धा वनमंडल के अधिकारियों कर्मचारियों ने एक साथ ऑनलाइन वोटिंग की वहीं इसमें आम नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया

इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने मध्य एशिया में प्रवासी पक्षियों के आने जाने के उडान मार्गो के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना शुरू की है उन्होंने कहा कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण का अर्थ है इन पक्षियों के ठहरने के जमीनी ठिकानों आर्द भूमि और समूचे पारिस्थितिकीय तंत्र का संरक्षण करना जो इस तरह की भूमि के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है

प्रत्येक वर्ष दस अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक उपचार के बारे में जानकारी देने के लिए यह दिन मनाया जाता है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जागरूकता के अभाव में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लोग बात करने से हिचकते हैं और चिकित्सा मदद लेने में संकोच करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने की अपील की मौसम आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दाब का क्षेत्र पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाडी के ऊपर स्थित है इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा मध्य क्षोभमंडल तक बना हुआ है इसके और अधिक प्रबल होकर अवदाब के रूप में परिवर्तित होने की संमावना है इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को भिल रहा है

संक्षिप्त समाचार केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिये वार्षिक वस्तु और सेवाकर जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इकतीस अक्टूबर कर दी है प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर में प्रदर्शन किया और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले दूर्ग जिले के किसानों ने धान खरीदी एक नवंबर से शुरू करने और प्रति एकड़ बीस क्विंटल सीमा निर्धारित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान में बासठ पदों पर भर्ती के लिए दस्तावेजों का परीक्षण बारह अक्टूबर से किया जाएगा मिशन की वेबसाइट पर पात्र उम्मीदवारों की सूची और अन्य जानकारी उपलब्ध है महासमुंद जिले में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज एक और राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि चौबीस अक्टूबर निर्धारित की गई है बीमा अधिकारी बनकर मैच्युरिटी राशि दिलाने के नाम पर लोगों से करीब दस लाख रूपये की ठगी करने के मामले में दूर्ग पुलिस ने एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है महासमुंद जिला चिकित्सालय में रक्तदान पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया अंबिकापुर में स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेने और प्रशिक्षण के लिए रायगढ़ नगर निगम की स्वच्छता दीदी सुपरवाइजर और सफाई दरोगा की टीम को अंबिकापुर भेजा गया है महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत सिरपुर में स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए अब एटीएम के स्थान पर बैंक करेस्पॉडेंड नियुक्त किया है